नई दिल्ली में जाम्बिया के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश स्वास्थ्य देखभाल पर्यटन खाद्य प्रसंस्करण खनन और कृषि के क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे मुझे ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार जाम्बिया में एक इनक्यूबेशन सेंटर को स्थापित करने में सहयोग करेगी

नरेंद्र मोदी ने कहा कि जाम्बिया के राष्ट्रपति लूंगू की यह यात्रा जाम्बिया के साथ भारत के सहयोग को और मजबूत करेगी प्रजिडेंट लूंग और मैंने अपने संबंधों के सभी पहल्ओं पर उपयोगी चर्चा की है हम इस बात पर सहमत हैं कि ट्रेड बॉस्केट में विविधता और निवेश संबंधों को और आगे बढ़ाने से दोनों देशों को लाभ होगा जाम्बिया के राष्ट्रपति लंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत रचनात्मक रही उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की और कंपनिया जाम्बिया में निवेश करेंगी उन्होंने भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने की जाम्बिया सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई भारत और जाम्बिया ने खनिज संसाधनों रक्षा कला और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों के छह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये रक्षा सहयोग के समझौता ज्ञापन को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा डिफेंस कार्पोरेशन पर आज एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हए हैं यह रक्षा के क्षेत्र में एक्वेंजिस को बढायेगा और डिफेंस कार्पोरेशन को और मजबूत करेगा जाम्बियन आर्मस फोर्सिस की क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता के लिए इंडियन मिलिट्री और एयरफोर्स ट्रेनिंग टीम जाम्बिया में तैनात की जायेगी

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाभ्बिया के राष्ट्रपति एडगर छागवा लूंगू के साथ प्रतिनिधिमण्डल स्तर की वार्ता की हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की राष्ट्रपति लुंगू तीन दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमण्डल का विस्तार किया वर्ष दो हजार सत्रह में सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का यह पहला विस्तार है

राजमवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने छः कैबिनेट मंत्रियों छः राज्य मंत्रियों स्वतंत्र प्रभार और ग्यारह राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की ापथ दिलाई

सूचना राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकण्ठ तिवारी को भी प्रोन्नति दी गयी है उन्हें स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री पद की ै पथ दिलाई गई

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में प्रधानाचार्य और अध्यापकों के समग्र विकास के लिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा की शुरूआत की इस एकीकृत कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग बयालिस लाख प्रतिभागियों की क्षमता बढ़ाना है मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर का आज सुबह भोपाल में निधन हो गया वे नवासी वर्ष के थे उन्हें रक्त दवाब कम होने पर गंभीर अवस्था में सात अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था बाबूलाल गौर का जन्म दो जून उन्नीस सौ तीस को प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था वे भाजपा के अकेले नेता रहे हैं जिन्होंने मध्यप्रदेश विधानसभा के लगातार दस चुनाव जीते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबूलाल गौर ने दशकों तक लोगों की सेवा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के निधन पर गहरा गोक व्यक्त किया है श्री योगी ने कहा कि बाबूलाल गौर एक वरि ठ एवं अनुभवी राजनेता थे उन्होंने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया रायबरेली जिले के फूर्सतगंज क्षेत्र के ब्रम्हनी गांव में आज तड़के तेज बारिश के बीच एक मकान की छत ढ़ह जाने से उसके मलबे में दबकर एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मृत्यु हो गयी जबकि दो अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये